कई ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव उपाय किये जायेंगे उन्होंने कहा कि चिकित्सक नर्से और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उनके इस योगदान की हमेशा सराहना की जायेगी प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने और संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों को उचित ईलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है इधर सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज को भर्ती कराया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि मरीज को अलग वार्ड में रखा गया है और उसके खून के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं इस बीच राज्य के सभी जिलों में कोरोना वायरस को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने जिले के समी बैंकों से अपनी शाखाओं को सैनेटाइज करने और एटीएम मशीनों की निरंतर सफाई करने के निर्देश दिए हैं अधिसूचना प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के अध्यापकों व अन्य स्टाफ को पहले की तरह ही ड्यूटी पर आने के आदेश दिए हैं उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा द्वारा आज जारी निर्देश में कहा गया है कि अगले आदेश तक अध्यापकों व अन्य स्टाफ को पहले की तरह ही ड्यूटी पर आना होगा

भाजपा प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आज सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में सम्पन्न हो गई समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं और हिमकेयर योजना के माध्यम से जनता को बढ़ा लाभ मिला है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से प्रदेश में पहली बार आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टरस मीट ऐतिहासिक रही है और इससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा जयराम ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार आने वाले समय में भी ईमानदारी से जनता की सेवा करेगी और गरीबों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति के सभी सदस्यों से अनेक योजनाओं की सब्सिडी छोड़ने का आहवान किया ताकि देश व प्रदेश को लाभ मिल सके इस बीच पहले सत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संवैधानिक अधिष्ठान विषय पर कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन किया उन्होंने कहा कि आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत का जो सपना संजोया था उसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साकार किया है

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा में उपयोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं

हंसराज ने जिले में आरक्षित वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार पर पुलिस कॉन्स्टेबलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है

विक्रमादित्य सिंह ने पुलिस कॉन्स्टेबलों को भी तीन साल बाद नियमित करने की मांग की है उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए आठ घंटे ड्यूटी प्रतिपूरक अवकाश और उनके राशन भत्ते में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए ट्रांसजेंडर अधिनियम केंद्र सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विधायी उपायों सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं पिछले कुछ वर्षो में केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के कई कदम उठाए हैं